नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है वित्ती मंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की इस महीने की पांच तारीख को संसद में केन्द्रीय बजट पेश किए जाने के बाद यह जीएसटी परिषद की पहली बैठक थी

श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा

इस दौरान श्री तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने खास तौर पर बुन्देलखंड अंचल में मिट्टी को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया मिलावटी दूध इंदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने कल नकली दूध के मामले में मुख्य सचिव एसआर मोहंती से चर्चा की खंडवा कलेक्टेट सभाकक्ष में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए श्री त्रिपाठी ने संभाग में की जा रही कार्यवाही की जानकारी दी

बारिश मुम्बई नवी मुम्बई ठाणे रायगढ़ और समूचे तटीय कोंकण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई नदियां और बांध उफान पर हैं कोंकण क्षेत्र में पिछले चार दिन से भारी वर्षा के कारण कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है यहां राहत और बचाव कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं ठाणे में कल्याण के निकट वांगनी में मुम्बई कोलगापुर महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे एक हजार से अधिक यात्रियों को नावों और हेलिकाप्टरों की मदद से निकाला जा रहा है इधर मध्यप्रदेश में भी करीब एक पखवाड़े से रूठा हुआ मॉनसून एक बार फिर मेहरबान हो गया है

राजधानी भोपाल में भी रूक रूककर बारिश का दौर जारी है श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल से हो रही बारिश से जिले की कूनो सीप अहेली जमूदा सरारी मोरडोंगरी और पार्वती नदियां उफान पर आ गई हैं उधर शिवपूरी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से सींध नदी में पानी तेजी से बढ़ रहा है ग्ना सीहोर और अशोकनगर में भी कल से ही रूक रूककर बारिश हो रही है विदिशा और सागर जिलों में भी बारिश से फसलों को काफी फायदा हुआ है

पुलिस मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश में लगी हुई है